अपने सरकारी आवास पर परमाणु पनडुबी आईएनएस अरिहंत के चालक दल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अरब से अधिक भारतीय मजबूत और नए भारत की आकांक्षा करते हैं ताकि उनकी आशाएं और अपेक्षाएं पूरी हो सके उन्होंने कहा कि शांति भारत की कमजोरी नहीं ताकत है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने वाली ओजोन परत को हई क्षति रोकने के उपायों के वांछित परिणाम सामने आए हैं यह जानकारी कल इक्वाडोर में एक सम्मेलन में दी गई उत्तरी गोलाई पर ओजोन की परत को हुए नुकसान की भरपाई दो हजार तीस तक पूरी हो जाएगी

आज ही नरक चत्दर्शी और हनुमान जयन्ती भी मनाई जा रही है आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को काली चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जा रहा है विभिन्न जिलों में हनुमान मंदिरों में आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में आज हनुमान जयंती पर भारी संख्या में श्रद्वालु वहां दर्शन पूजन कर रहे हैं संकटमोचन मंदिर में आज सुबह साढ़े पांच बजे हनुमान जी का विशेष श्रृंगार कर के आरती की गयी अयोध्या में दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव शुरू हो गया है भगवान राम की नगरी में रामायण और उससे जुड़े चरित्रों को दर्शाने वाली शोमा यात्राएं और झार्कियां आज निकाली गई शोभा यात्राएं साकेत महाविद्यालय से श्रू हई और रामकथा पार्क में पहंचकर सम्पन्न हई जहां मुख्य अतिथि कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सूक ने उनकी अगवानी की प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केन्द्रीय मंत्री वी के सिंह बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और अन्य मंत्रिगण इस अवसर पर मौजूद रहे शाम को पवित्र सरयू नदी के तट पर मिट्टी के तीन लाख से ज्यादा दीप प्रज्जवलित किये जा रहे हैं एक रिपोर्ट बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई लोग अपने आपको रानी सूरी रत्ना यानि रानी हो का वंशज मानते हैं जो लगभग दो हजार साल पहले अयोध्या से कोरिया गई थीं इसी वर्ष जुलाई में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सूरी रला स्मारक प्रोजेक्ट के विस्तार को लेकर समझौता हुआ था दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पत्नी की यह यात्रा अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुर्नजीवित करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी स्वदेश वापसी से पहले कल किम जोंग सू आगरा जाएंगी जहां यो ताज का दीदार करेंगी सूशील चंद्रतिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने कहा है कि स्वच्छता के प्रति सजगता हर एक की ज़िम्मेदारी है ये कल विहार में गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं गंगा ग्राम अवधारणा का उद्देश्य गंगा तट पर बसे गांवों को पौधरोपण और समृचित कचरा प्रबंधन प्रयासों से आदर्श गांव बनाना है सुश्री उमा भारती ने कहा कि गंगा तट पर बसे समी चार हज़ार चार सौ पैंसठ गांवों को खुले में शौव से मुक्त कराने के बाद उनका मंत्रालय इस क्षेत्र में स्वच्छता का यह स्तर बनाये रखने का प्रयास कर रहा है अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन आगामी चौदह से बीस नवंबर तक होने जा रहा है आयोजन की जानकारी देते हुए आयुक्त और निबंधक उत्तर प्रदेश एमवीएस रामारेड़डी बताया कि पहले दिन का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जाएगा जबकि अन्य दिनों के कार्यक्रम पीसीयू के सभागार में आयोजित किए जाएंगे सप्ताह के प्रत्येक दिन के आयोजन का विषय भी निर्वारित कर दिया गया है निर्धारित दिन पर होने वाला आयोजन विषय से जुड़ी संस्था द्वारा किया जाएगा

लखनऊ में चौबीस साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है

इससे पहले कोलकाता में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में एक शून्य की बढ़त ले ली श्रृंखलाका अंतिम मैच ग्यारह नवंबर को चेन्नई में खेला जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों का आह्वान किया कि वे सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए आगे आए इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ विदेश मुद्रा की भी भारी बचत होगी वह गोरखपुर में एक हजार दो सौ तीस किलोवाट के सोलर प्लांट का उदघाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर श्रीयोगी ने गीडा के उद्यमियों की समस्याओं का भी संज्ञान लिया और कहा कि प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास गोरखपुर के उद्यमियों के साथ आकर बैठक करें उनकी समस्याओं को समझे और समय सीमा में समाधान करें